मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर स्वास्थ्यकर्मियों की तरह ही पुलिसकर्मी स्थानीय निकाय और जिला प्रशासन के अधिकारी कर्मचारियों को बीमा योजना में शामिल करने का किया अनुरोध प्रदेश के सभी शासकीय कार्यालयों में कामकाज कल से शुरू होगा वहीं पंजीयन कार्यालय भी खोले जाएंगे

कोरोना योद्वा सेना भारतीय सेना नौसेना और वायुसेना ने आज कोरोना योद्वाओं के प्रति देश की एकता प्रदर्शित करने के लिए देशभर में अनेक गतिविधियां आयोजित कीं तीनों सेनाओं के प्रतिनिधियों ने दिल्ली में राष्ट्रीय पुलिस स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित कर कोरोना वायरस की लड़ाई में पुलिस बल के अभूतपूर्व प्रयासों के प्रति सम्मान व्यक्त किया पुलिसकर्मियों के प्रयासों को नमन करते हुए भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर से राष्ट्रीय पुलिस स्मारक पर पुष्प वर्षा की गई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 छत्तीसगढ़ में भी कोरोना योद्वाओं के सम्मान के लिए वायुसेना के हेलीकॉप्टर ने राजधानी रायपुर स्थित एम्स अस्पताल और डॉक्टर भीमराव अंबडेकर अस्पताल के ऊपर फूल बरसाए इस मौके पर एम्स परिसर और आसपास का क्षेत्र भारत मां की जय के नारों से गूंज उठा एम्स रायपुर के निदेशक डॉक्टर नितिन एम नागरकर ने तीनों सशस्त्र सेनाओं को इस सम्मान के लिए धन्यवाद देते हुए कहा कि एम्स परिवार निरंतर कोरोना वायरस के खिलाफ संघर्ष में नेतृत्व प्रदान करता रहेगा

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन और अन्य अधिकारियों के साथ बैठक में प्रधानमंत्री ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय तथा किसानों को सहयोग देने के उपायों और नकदी तथा ऋण प्रवाह बढ़ाने की रणनीति पर चर्चा की कोरोना वायरस को देखते हुए वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने तथा जल्द से जल्द व्यापार की सामान्य स्थिति बहाल करने के उपायों पर भी विचार हुआ श्रमिकों और आम लोगों के हित के लिए प्रधानमंत्री ने व्यवसायों को सहयोग देकर रोजगार के अवसर बढ़ाने पर बल दिया इस बीच केंद्रीय कैबिनेट सचिव राजीव गौबा ने आज नई दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए छत्तीसगढ़ सहित देश के सभी राज्यों के मुख्य सचिवों से कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव तथा गृह मंत्रालय द्वारा हाल ही में जारी गाइडलाइन के पालन सहित अन्य मुद्दों पर समीक्षा की कोरोना रेल मंत्रालय रेल मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि प्रवासी मजदूरों तीर्थयात्रियों पर्यटकों छात्रों और अन्य फंसे हुए लोगों को लाने के लिए कुछ विशेष रेलगाड़ी राज्य सरकारों के अनुरोध पर चलाई जा रही हैं मंत्रालय ने कहा है कि सभी यात्री ट्रेन सेवाएं निलंबित रहेंगी और रेलवे केवल उन्हीं यात्रियों को स्वीकार कर रहा है जिनके लिए राज्य सरकारों ने सूची उपलब्ध कराई है किसी अन्य यात्री या व्यक्ति को यात्रा के लिए रेलवे स्टेशन आने की अनुमति नहीं है और न ही किसी स्टेशन पर टिकट बेचे जा रहे हैं इस बीच आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के लिए दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे से चलाई जा रही चार विशेष पार्सल ट्रेनों का परिचालन अब पंद्रह मई तक किया जाएगा इन ट्रेनों का परिचालन तीन मई तक किया जा रहा था जरूरी सामान भेजने वालों की सुविधा और मांग को ध्यान में रखते हुए इन ट्रेनों के परिचालन की अवधि में विस्तार किया गया है लॉकडाउन अवधि में रायपुर मंडल के रायपुर और दुर्ग स्टेशन के पार्सल कार्यालयों में समर्पित कोरोना वॉरियर्स की टीम पार्सल पहुंचाने के कार्य में जुटी हुई है इसके लिए इनकी देशभर में सराहना भी हो रही है कोरोना मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री पत्र मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को पत्र लिखकर स्वास्थ्यकर्मियों की तरह ही पुलिसकर्मी स्थानीय निकाय और जिला प्रशासन के अधिकारी कर्मचारियों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के अंतर्गत बीमा योजना में शामिल करने का अनुरोध किया है मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वास्थ्यकर्मियों के अलावा अन्य अधिकारी कर्मचारी भी दिन रात लॉकडाउन को सफल बनाने में जुटे हुए हैं उन्हें भी बीमा योजना में शामिल करते हुए स्वास्थ्य बीमा का लाभ दिया जाना चाहिए

वहीं कोरबा जिले के कटघोरा नगर पालिका क्षेत्र और सुरजपुर जिले में जजावल कंटेनमेंट जोन क्षेत्र में शासकीय कार्यालयों का संचालन अभी शुरू नहीं किया जाएगा गौरतलब है कि कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम के लिए लागू लॉकडाउन के कारण शासकीय कार्यालयों में कामकाज नहीं हो रहा था सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा आज जारी निर्देश के अनुसार शासकीय कार्यालयों के फिर से शुरू होने पर राजपत्रित अधिकारी जहां शत प्रतिशत आएंगे वहीं अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों की उपस्थिति एक तिहाई ही होगी कर्मचारियों की ड्यूटी रोस्टर आधार पर लगाई जाएगी सभी कार्यालयों में सेनिटाईजेशन और नियमित साफ सफाई दिशा निर्देशों के अनुसार करने कहा गया है कार्यालय में सोशल और फिजिकल डिस्टेंस के निर्देशों का भी पालन करना होगा राज्य के पंजीयन कार्यालयों में भी कल से रजिस्ट्री का कार्य शुरू हो जाएगा वाणिज्यिक कर पंजीयन विभाग के आदेश के मुताबिक रेड जोन और हॉट स्पॉट क्षेत्र को छोड़कर सभी क्षेत्रों में पंजीयन कार्यालय दस्तावेज पंजीयन के लिए खुले रखे जाएंगे वहीं छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालयों सहित प्रदेश की सभी अदालतों में कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव के लिए लागू किए गए लॉकडाउन के कारण स्थगित की गई कार्यवाही दूसरी बार अगले दो सप्ताह के लिए बढ़ा दी गई है गौरतलब है कि लॉकडाउन के बाद से ही हाईकोर्ट जिला और सत्र न्यायालयों में बहुत जरूरी प्रकरणों की ही सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हो रही है इस दौरान निचली अदालतों में पहले के अनुसार सिर्फ आवश्यक मामलों की सुनवाई की जाएगी कोरोना पास देश के अन्य हॉट स्पॉट जिलों से छत्तीसगढ़ राज्य के अंदर प्रवेश के लिए कोई भी पास जारी नहीं किया जाएगा गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू ने कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम के लिए प्रदेश में अन्य राज्यों से आने की अनुमति के संबंध में सभी जिला कलेक्टरों को निर्देश जारी किए हैं सभी कलेक्टरों को निर्देशित किया गया है कि हॉट स्पॉट की जानकारी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की वेबसाइट पर प्रतिदिन अपडेट की जाती है परिवार के नजदीकी सदस्य माता पिता या पिता पुत्र की मृत्यु अथवा मेडिकल इमरजेंसी के कारण कोई व्यक्ति अन्य राज्य से विधिवत् अनुमति पास प्राप्त कर छत्तीसगढ़ के किसी जिले में आना चाहता है तो उन्हें अनुमति संबंधित सीमावर्ती जिले के जिला दंडाधिकारी या संबंधित जिला दंडाधिकारी प्रदान करेंगे

कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए की गई तैयारियों और दूसरे प्रदेशों में फंसे श्रमिकों तथा विद्यार्थियों को वापस लाने के लिए किए जा रहे प्रयासों पर केंद्रित इस भेंटवार्ता को छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केन्द्र एक साथ रिले करेंगे यह कार्यक्रम मीडियम वेव और एफएफ दोनों से एक साथ प्रसारित होगा कोरोना श्रमिक हेल्पलाइन छत्तीसगढ़ सरकार ने लॉकडाउन में फंसे छत्तीसगढ़ और अन्य राज्यों के श्रमिकों की सक्शल घर वापसी तथा अन्य जरूरी सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं राज्य स्तरीय हेल्पलाइन नंबरो की संख्या बढ़ाकर सात कर दी गई है जो तीस लाइनों के साथ संचालित होगी ये नंबर सभी राज्यों के लिए चौबीस घंटे उपलब्ध रहेंगे श्रम विभाग के अधिकारियों ने बताया कि राज्य वापसी के लिए इच्छुक व्यक्ति या उनके रिश्तेदार संबंधित जिला कलेक्टर कार्यालय में नाम पता मोबाइल नंबर और आधार कार्ड इत्यादि विवरण के साथ लिखित आवेदन प्रस्तुत करा सकते हैं अनुमति मिलने पर अन्य राज्यों में फंसे श्रमिक या अन्य व्यक्ति छत्तीसगढ़ आ सकेंगे छत्तीसगढ़ से बाहर जाने के लिए भी संबंधित जिला कलेक्टर कार्यालय से अनुमति प्राप्त की जा सकेगी इस बीच अन्य राज्यों से छत्तीसगढ़ आने वाले श्रमिकों और व्यक्तियों की व्यवस्था के संबंध में समन्वय के लिए राज्य सरकार ने ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के लिए राज्य स्तर पर अलग अलग नोडल अधिकारी नियुक्त किए हैं वहीं मध्यप्रदेश गुजरात और राजस्थान में फंसे छत्तीसगढ़ के श्रमिकों और अन्य व्यक्तियों को छत्तीसगढ़ लाने तथा छत्तीसगढ़ से इन तीनों राज्यों में जाने वाले व्यक्तियों का डाटा बेस तैयार कर लिया गया है इन राज्यों के लिए जल संसाधन विभाग के सचिव अविनाश चंपावत को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है कोरोना जिला कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम के लिए शासन प्रशासन द्वारा लगातार एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं महासमुंद जिला कलेक्टर द्वारा पड़ोसी राज्य ओडिशा सीमा से जिले में लोगों के अनाधिकृत प्रवेश को रोकने के लिए अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है जांजगीर चांपा जिले की ग्राम पंचायत खोखसा में मनरेगा कार्य में लगे मजदूरों को मास्क का वितरण किया गया साथ ही उन्हें सोशल डिस्टेंस और कोरोना संक्रमण से बचाव के संबंध में भी जानकारी दी गई राजनांदगांव जिला प्रशासन ने दूसरे राज्यों से आ रहे मजदूरों की जांच और स्क्रीनिंग आदि के कारण नया बस स्टैंड को अति संक्रमित क्षेत्र घोषित किया है जिले में आने वाले प्रवासी मजदूरों को नया बस स्टैंड स्थित रैनबसेरा में ठहराने की व्यवस्था की गई है नवोदय विद्यालय डोंगरगढ़ के छात्र आज आंधप्रदेश से लौट रहे हैं वहीं नगर निगम मुख्यालय भिलाई में आने वाले लोगों के लिए पास जारी किया जाएगा शासन के निर्देशों के बाद निगम प्रशासन द्वारा कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं की जा रही हैं इधर बस्तर जिले में लॉकडाउन में फंसे विद्यार्थियों और मजदूरों की वापसी का सिलसिला शुरू हो गया है पेण्ड्रा में फंसे विद्यार्थियों को आज दो बसों से जगदलपुर लाया गया उधर बिलासपुर जिले के अरविंद नगर सरकंडा निवासी बारह वर्षीय उत्कर्ष पांडेय ने गुल्लक में रखे करीब आठ हजार रूपये सहायता कोष में जमा किए हैं कोरोना बीएसपी वेंटीलेटर भिलाई इस्पात संयंत्र ने देश और प्रदेश में बड़े पैमाने पर वेंटीलेटर्स की उपलब्धता की आवश्यकता को देखते हुए आंतरिक संसाधनों से वेंटीलेटर का निर्माण किया है इसका उद्घाटन हाल ही में संयंत्र के मुख्य कार्यपालक अधिकारी अनिर्बान दास गुप्ता ने किया प्रायोगिक तौर पर इस वेंटीलेटर के निर्माण में संयंत्र में उपयोग होने वाली विभिन्न मशीनों के कलपुर्जो को निकालकर प्रयोग किया गया है सुरक्षा के मद्देनजर इस मशीन में कई उपाय किए गए हैं आकार में छोटा होने के कारण इसका संचालन भी आसान होगा डीजीपी निर्देश पुलिस महानिदेशक डीएम अवस्थी ने सभी पुलिस अधीक्षकों को आवश्यक वस्तुओं के लिए आवागमन कर रहे लोगों पर अनावश्यक जुर्माना वसूलने की कार्रवाई स्थगित करने के निर्देश दिए हैं उन्होंने कहा कि कोरोना संकट के समय यातायात पुलिस द्वारा सामान्य नागरिकों का चालान कर जुर्माना वसूलना ठीक नहीं है डीजीपी ने कहा है कि केवल उन्हीं प्रकरणों में चालानी कार्रवाई की जाए जिसके विरूद्व कार्रवाई अति आवश्यक हो उद्दंड प्रकृति और अनावश्यक घूमने वाले व्यक्तियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए इस संबंध में शिकायत मिलने पर दोषी अधिकारी कर्मचारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी पंचायत पुरस्कार केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय ने छत्तीसगढ़ की तीन ग्राम पंचायतों को अलग अलग क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्यो के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना है बच्चों से जुड़ी योजनाओं और कार्यक्रम के बेहतर क्रियान्वयन के लिए कबीरधाम जिले की कान्हाभैरा ग्राम पंचायत का चयन बाल मित्र पंचायत पुरस्कार के लिए किया गया है वहीं ग्राम सभा के प्रभावी आयोजन और इसके सशक्तिकरण के लिए रायपुर जिले की बनचरौदा पंचायत को नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार से नवाजा जाएगा इसके अलावा कांकेर जिले की भिलाई पंचायत को केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय द्वारा ग्राम पंचायत विकास योजना पुरस्कार के लिए चुना गया है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पंचायत मंत्री टीएस सिंहदेव ने इस उपलब्धि के लिए संबंधित पंचायतों के सरपंचों और पंचों को बधाई दी है

कोरोना वायरस के कारण इस वर्ष विश्व स्वतंत्रता दिवस का विषय है भय या पक्षपात मुक्त पत्रकारिता इस अवसर पर केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि भारत में मीडिया को पूर्ण स्वतंत्रता है उन्होंने कहा कि मीडिया के पास लोगों को सूचित और शिक्षित करने की ताकत है माओवादी मुठभेड् छत्तीसगढ़ की सीमा से लगे गढ़चिरौली के जागवंडी सिलभट्ठी जंगल के बीच हुई मुठभेड़ में महाराष्ट्र पुलिस ने एक इनामी महिला माओवादी को मार गिराया है पुलिस ने माओवादी के शव के साथ एक रायफल और बड़ी मात्रा में विस्फोटक सामग्री बरामद की है मारी गई महिला माओवादी की पहचान कसनसूर दलम की डिप्टी कमांडर के रूप में की गई है इस पर सोलह लाख रूपये का इनाम घोषित था जस्टिस निधन छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश और लोकपाल के सदस्य एके त्रिपाठी का कल दिल्ली में निधन हो गया वे पिछले कुछ दिनों से बीमार थे और उनका इलाज एम्स दिल्ली में चल रहा था न्यायमूर्ति त्रिपाठी सात जुलाई दो हजार अट्ठारह से बाईस मार्च दो हजार उन्नीस तक छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रहे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उनके निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है सुकमा बिजली सुकमा जिले के दुर्गम इलाके में बसे गोलापल्ली में पड़ोसी राज्य तेलंगाना के रास्ते बिजली पहुंचा दी गई है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गोलापल्ली की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए इस इलाके में तेलंगाना के रास्ते बिजली पहुंचाने की मंजूरी दी थी ग्रामीणों ने बिजली पहुंचने पर मुख्यमंत्री और उद्योग मंत्री के प्रति आभार व्यक्त किया है